भाजपा अध्यक्ष जेपीनड्डा दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस इक्कीसवीं सदी के भारत को नई दिशा देगी इक्कीसवीं सदी में स्कूली शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नये भारत की आकांक्षाओं अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम बनेगी

इसके पीछे पिछले चार पांच वर्षो की कड़ी मेहनत है हर क्षेत्र हर विद्या हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है एक प्रकार से कहें तो यह काम की असली शुरूआत हुई है अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उतने की प्रभावी तरीके से लागू करना है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नीति को लागू करने के बारे में माई जीओवी पोर्टल पर एक सप्ताह के भीतर पन्द्रह लाख से अधिक सुझाव मिले हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों में गणितीय तथा वैज्ञानिक सोच का विकास करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि जब बच्चों के माहौल को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जायेगी तो विद्यार्थी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फाउंडेशनल लिट्रसी एंड न्यूमर्सी के विकास को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जाएगा प्रारंभिक भाषा का ज्ञान संख्या का ज्ञान बच्चों में सामान्य लेख को पढ़ने और समझने की क्षमता का विकास यह बहुत आवश्यक होता है बच्चा आगे जाकर रीड टू लर्न करें इसके लिए जरूरी है कि शुरूआत में वो लर्न दू रीड करना सीखें लर्न दू रीड से रीड दू लर्न की विकास यात्रा फाउंडेशनल लिट्रसी एंड न्यूमर्सी के माध्यम से पूरी की जाएगी प्रधानमंत्री ने कहा है कि समग्र मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केन्द्र परख बनाया जाएगा जो विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए उनके कार्य निष्पादन और ज्ञान का आकलन समीक्षा तथा विश्लेषण करेगा बाईट पीएम मूल्यांकन प्रणाली में संपूर्ण सुधार के लिए एक नये राष्ट्रीय मूल्यांकन केन्द्र परख की स्थापना भी की जाएगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद से भी ये भी चर्चा काफी तेज है कि बच्चों को पढ़ाने की भाषा क्या होगी इसमें क्या बदलाव किया जा रहा है यहां हमें एक ही वैज्ञानिक बात समझने की जरूरत है कि भाषा शिक्षा का माध्यम है भाषा ही सारी शिक्षा नहीं है इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक सोच के साथ विद्यार्थियों का समग्र विकास करना है उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों की बुद्धि के विकास में भी मदद मिलेगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा और उच्चतर शिक्षा दोनों स्तरों पर बड़े सुधारों की योजना शामिल की गई है

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा में व्यापक सुधार की बात है

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लक्षित व्यापक परिवर्तन देश के शिक्षा प्रणाली में प्रतिमान बदलाव लाएगा और एक नये आत्मनिर्भर भारत के लिए सक्षम और सुदृढ़ शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा सुपर्ण सैकिया के साथ अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आज पटना पहुंच गये हैं श्री नड्डा इस समय पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित चुनाव संचालन समिति की बैठक में भाग ले रहे हैं इस बैठक में पार्टी के बिहार प्रभारी देवेन्द्र फडणवीस प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पार्टी के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय और सुशील कुमार मोदी समेत अन्य नेता भाग ले रहे हैं सूत्रों ने बताया कि बैठक में विधान सभा चूनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा का जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलने का कार्यक्रम है दोनों नेताओं के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत होगी श्री नड्डा कल मुजफ्फरपुर और दरभंगा भी जायेंगे जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फडणवीस ने कहा है कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है आज पटना में पार्टी के मीडिया सेंटर के उद्घाटन समारोह में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी मिलकर बिहार विधान सभा चुनाव लड़ेगी उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जदयू के मतभेद की खबरों से इंकार करते हुए कहा कि जो भी मामला है उसे मिल बैठकर सुलझा लिया जायेगा श्री फडणवीस ने कहा कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक पार्टी चुप नहीं बैठेगी उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार यह भूल गयी है कि उसकी लड़ाई कोरोना से है न कि कंगना रानौत से कांग्रेस के दो विधायक पूर्णिमा यादव और सुदर्शन कुमार पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर आज जदयू में शामिल हो गये पूर्णिमा यादव गोविंपुर से जबकि सुदर्शन कुमार बरबीघा से विधायक हैं दोनों नेताओं को जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलवायी इसके अलावा पिछले दिनों राजद छोड़ चुके पूर्व मंत्री भोला राय और पंछी लाल राय तथा रालोसपा के प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी जदयू की सदस्यता ग्रहण की लोजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि वे पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के हर फैसले के साथ हैं उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि अपनी सोच से चिराग पासवान पार्टी और बिहार को नई ऊंचाईयों तक ले जायेंगे भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के बिहार कार्यकारिणी की पटना में हुई बैठक में विधान सभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया पार्टी नेता ओम प्रकाश नारायण की अध्यक्षता में हुई बैठक में चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा की गयी राजद सांसद मनोज झा ने राज्य सभा के उपसभापति पद के लिए विपक्षी दलों के साझा उम्मीदवार के रूप में आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया जदयू सांसद हरिवंश पूर्व में ही एनडीए की ओर से राज्यसभा के उपसभापति पद के लिये नामांकन पत्र भर चुके हैं उपसभापति पद के लिये चुनाव चौदह सितम्बर से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन होने की संभावना है प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के एक हजार सात सौ दस नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या एक लाख पचपन हजार चार सौ पैंतालीस हो गयी है आज सबसे अधिक दो सौ ग्यारह मामले पटना से सामने आये हैं गोपालगंज से दो सौ सात भागलपुर से नब्बे मुजफ्फरपुर से नवासी कटिहार से बयासी पूर्णिया से छियासठ और अररिया से बासठ मामलों की पुष्टि हुई है इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं पिछले चौबीस घंटे में दो हजार एक सौ सतासी मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख उनतालीस हजार चार सौ अंठावन हो गयी है स्वस्थ होने की दर बढ़कर नवासी दशमलव आठ दो प्रतिशत तक पहुंच गयी है वहीं एक दिन में बारह लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा सात सौ संतानवे हो गया है राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या पन्द्रह हजार एक सौ नवासी है देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के छियानवे हजार पांच सौ इक्यावन नये मामले सामने आये हैं एक दिन में पॉजिटिव मामलों की यह सबसे अधिक संख्या है कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर पैंतालीस लाख बासठ हजार चार सौ पन्द्रह हो गयी है इसी अवधि में एक हजार दो सौ नौ लोगों की इस महामारी से मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर छिहत्तर हजार दो सौ इकहत्तर हो गया है वहीं एक दिन में सत्तर हजार आठ सौ अस्सी रोगी कोरोना से स्वस्थ हुए हैं जिससे देश में ठीक होने वालों की संख्या पैंतीस लाख पचास हजार से अधिक हो गयी है स्वस्थ होने की दर सतहत्तर दशमलव छह पांच प्रतिशत है कोविड उन्नीस संक्रमण से बचाव के लिए वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने लोगों से आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है

सेकेंड मोस्ट इर्पोर्टेट बिना मास्क के कहीं नहीं जाएं और मास्क सिर्फ लगाना आवश्यक नहीं है उसको ठीक से लगाना आवश्यक है अगर लूज मास्क बांधा हुआ है तो फिर उसकी कैपिसिटी कम हो जाती है और तीसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग जहां पर भी भीड़ ज्यादा है वहां पर अवाइड करें या वेट करें कि भीड़ छन जाएं कि कुछ लोग निकल जाएं उसके बाद चारा घोटाले के सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर अब नौ अक्टूबर को सुनवाई होगी झारखंड उच्च न्यायालय में आज हुई सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के जिस मामले में जमानत याचिका दायर की गयी है उसमें आधी सजा प्ररी होने में अभी छब्बीस दिनों का समय बाकी है इसीलिए न्यायालय मामले की सुनवाई सजा की आधी अवधि पूरी होने के बाद ही करेगा गौरतलब है कि राजद अध्यक्ष ने चाईबासा कोषागार मामले में आधी सजा पूरी होने का हवाला देते हुए जमानत याचिका दायर की है नागर विमानन राज्य मंत्री हरदीप सिंह प्ररी उड़ान योजना के अंतर्गत बनाये जा रहे दरभंगा एयरपोर्ट का कल निरीक्षण करेंगे निर्माणाधीन एयरपोर्ट पर चौदह सौ वर्ग मीटर में टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा हो गया है जबकि रनवे का निर्माण किया जा रहा है कटिहार जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पूलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर पचास लाख रुपये मूल्य की शराब बरामद की है वहीं सीतामढ़ी जिले के सोनवर्षा और सुरसंड थाना क्षेत्रों से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ आठ तस्करों को गिरफ्तार किया है दूसरी तरफ बक्सर जिले के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया खगड़िया पूलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में पच्चीस हजार रूपये के इनामी अपराधी सुमित यादव को उसके तीन अन्य सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया है मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किये गये भागलपुर शहर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र में एक ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गयी वहीं नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत भेड़िया गांव के पास अनियंत्रित पिकअप वैन की चपेट में आने से स्कूटी सवार एक युवक की मौत हो गयी सारण जिले के परसा थाना क्षेत्र अंतर्गत जमलकी गांव में बाढ़ के पानी से भरे गड्डे में ड्रबने से दो युवतियों की मौत हो गयी वहीं कटिहार जिले के दियारा चांदपुर गांव में कोसी नदी में नहाने के दौरान एक किशोरी की डूबने से मौत हो गयी जमुई जिले के कझझा थाना क्षेत्र के ड्रमर गांव में बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गयी भागलपुर जिले के कजरैली थाना क्षेत्र के गौरा चौकी गांव के पास अपराधियों ने एक यूवक की गोली मारकर हत्या कर दी पश्चिम चंपारण जिले के मंझौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बिशंभरा गांव में धनौती नदी में स्नान करने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गयी औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने आज अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन पर नवनिर्मित टिकट आरक्षण भवन और सौ फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज समेत कई विकास योजनाओं का श्रभारंभ किया

भाजपा अध्यक्ष जेपीनड्डा दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे